पहले चरण में आंध्र प्रदेश गुजरात पंजाब और असम में दो दिन का अभ्यास आज से शुरू हो गया इसका उद्देश्य चुनौतियों की पहचान और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह बाधामुक्त बनाया जा सके स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस अभ्यास से विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों को आवश्यक अनुभव उपलब्ध होगा

स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस अभियान के तहत जिन लोगों में लक्षण पाए जा रहे हैं विभाग उनकी विस्तृत जानकारी लेकर आवश्यकता अनुसार सैंपलिंग भी कर रहा है

इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि देश को आज़ाद करवाने में कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसके नेताओं ने देश की एकता व अखण्डता को अपने बलिदान से सींचा

उन्होंने कहा कांग्रेस आज भी विकास के उसी पथ पर आगे बढ़ रही है इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी का ध्वज फहराया और सेवा दल से मार्च पास्ट की सलामी ली अविनाश खन्ना प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाने का आहवान किया है

खन्ना ने कहा कि पार्टी प्रदेश में सर्वव्यापी व सर्व स्पर्शी तरीके से काम करेगी उन्होंने कहा कि कारोनो काल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जन सेवा की है जबकि कांग्रेस पार्टी इस समय गायब थी

मौसम प्रदेश में बीती रात राजधानी शिमला सहित ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने से पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है शिमला से सटे पर्यटन स्थल कुफरी नारकण्डा और मशोबरा में भी भारी हिमपात हुआ

ताजा हिमपात से तापमान एक से दो डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है